विधान सभा में विपक्षी दल राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भोजनावकाश से पहले की कार्यवाही नहीं चल सकी सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित की गयी भागलपुर में साम्प्रदायिक झड़प की घटना के विरोध में विपक्ष के सदस्य सदन के बीचो बीच आ गये और हंगामा करने लगे हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हुई इससे पहले सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के बार बार अनुरोध के बावजूद स्थिति शांत नहीं हुई जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की श्री कुमार ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ कर हंगामा कर रहा है उन्होंने कहा कि सदस्य अपनी सीट पर आकर बात कहेंगे तो सरकार उनका जवाब देगी दोबारा दो बजे भी विधान सभा में इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ जिसके बाद कार्यवाही पौने पांच बजे तक स्थगित करनी पड़ी विधान परिषद में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने कुछ देर तक हंगामा किया जिसके चलते प्रश्नकाल बाधित रहा बाद में परिषद के उप सभापति हारूण रसीद के अनुरोध के बाद स्थिति सामान्य हुई तो विधायी कार्य लिये गये जहानाबाद विधानसभा उप चुनाव में नवनिर्वाचित राजद विधायक कुमार कृष्णमोहन उर्फ सुदय यादव ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उन्हें शपथ दिलायी श्री यादव के शपथ लेने के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कहा कि देश के छह सौ नब्बे कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के बीच प्रशिक्षण को लेकर आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं उन्होंने कहा कि इसके तहत किसानों को कृषि और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा उन्होंने कहा कि दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केन्द्र सरकार लागत मूल्य में कमी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है इसके अलावा कृषि उत्पादों को खराब होने से रोकने तथा आय के वैकल्पिक स्रोत तलाशने की दिशा में भी कार्य किये जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज कहा कि निजी प्रेक्टिस करने वाले महिला चिकित्सकों को प्रसूति कार्यों के लिए सेवा ली जायेगी उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी को देखते हुए बच्चे के जन्म पर प्रति डिलेवरी दस हजार रूपये दिये जायेंगे उन्होंने विधान परिषद में भाजपा के रजनीश कुमार के प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है श्री पांडेय ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विशेषज्ञ चिकित्सकों और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक चिकित्सक की नियूक्ति की जायेगी मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने आज कहा कि राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी श्री कुमार आज पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में सदभावना का वातावरण बिगाड़ने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा श्री कुमार ने लोगों को सोशल मीडिया पर फैलाये जा रहे अफवाहों से सावधान रहने की अपील की

गिरफ्तार पदाधिकारी जमीन के दाखिल खारिज के एवज में एक शिकायतकर्ता से रिश्वत ले रहा था केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सी बी आई ने कर्मचारी चयन आयोग एस एस सी का पेपर लीक होने की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है न्यायालय ने केन्द्र का जवाब सुनने के बाद इस मामले में सी बी आई जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया एस एस सी की संयुक्त स्नातक स्तर की सत्रह और इक्कीस फरवरी के बीच हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था इक्कीस फरवरी को पेपर लीक के आरोप लगने के बाद आयोग ने तकनीकी मुद्दों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून उन्नीस सौ नवासी के अंतर्गत लोकसेवकों के खिलाफ मामलों में अग्रिम जमानत देने के बारे में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है न्यायालय ने कहा कि कानून के दुरूपयोग को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय शामिल किये गए हैं शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पच्चीस मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की ये बयालसवीं कड़ी होगी लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप और माइ जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराये जा सकते हैं वहीं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को संदेश भेजा जा सकता है

राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है श्री मलिक ओड़िशा के निवर्तमान राज्यपाल एससीजमीर का कार्यभार देखेंगे जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में चौबीस अंगीभूत कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हो गया वोटों की गिनती कल होगी और परिणाम घोषित होने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे शक्तिपीठ में नवरात्र मेला के मद्देनजर पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से छब्बीस मार्च तक इस मार्ग पर चलने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव देवी स्थान हॉल्ट पर किया जा रहा है आज विश्व गौरैया दिवस पर प्रदेश में गौरैया के संरक्षण का संकल्प लिया गया इस अवसर पर राजधानी पटना के अलावा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये मुख्य समारोह पर्यावरण और वन विभाग की ओर से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में चित्रांकन और फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गयी जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र से पुलिस ने नेपाल भारत सीमा पर आज एक संदिग्ध कोरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है उसके पास से कई देशों की मुद्रा के साथ साथ भारतीय क्षेत्र का नक्शा भी बरामद किया गया है सीतामढ़ी जिले में जिला प्रशासन ने अगलगी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए लोगों को सुबह आठ बजे से पहले और शाम छह बजे के बाद चुल्हे पर भोजन बनने के निर्देश दिये हैं इसके अलावा लोगों से अगलगी की घटना होने पर तत्काल फायरब्रिगेड के टोल फ्री नम्बर एक सौ एक पर सूचना देने का अनुरोध किया गया है समस्तीपुर जिले में पुलिस ने वारिसनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक ट्रक पर लदे लगभग तीन हजार बोतल विदेशी शराब को जब्त किया है इस संबंध में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है अररिया जिले में भी भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है मुजफ्फरपुर जिले में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर पर रामप्र हरी गांव के पास एक बस और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि बारह अन्य घायल हो गये बेगूसराय नगर निगम के महापौर उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने आज निगम के अगले वित्तीय वर्ष के लिए दो सौ उनयासी करोड़ रुपये का बजट पेश किया इसे निगम के पार्षदों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया खगड़िया के जिलाधिकारी जय सिंह ने पदाधिकारियों को बिना निबंधन के चलाये जा रहे नर्सिंग होम क्लिनिक पैथोलॉजी सेंटर और अल्ट्रॉसाउंड कोन्द्रों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिये है कटिहार शहर के कटिहार मेडिकल कॉलेज में आज पोस्ट ग्रेजूएट मेडिकल पाठ्यक्रम के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी भोजपुर जिले में तेईस अप्रैल से पच्चीस अप्रैल तक स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जायेगा इस दौरान खेलकूद और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे कटिहार जिले के बलिया बेलौन थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी नालंदा जिले में सरमेरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से दबकर दो मजदूरों की आज मौत हो गयी शेखपुरा जिले में लोगों के व्यवहार परिवर्तन और शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित करने को आज जीविका द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया वही जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने शेखपुरा में लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना के प्रति जागरूक करने के लिए एक प्रचार रथ को रवाना किया